पूर्व मध्य रेलवे के छह रेलखंडों पर विद्युतीकरण का काम पूरा

कैमूर के पूर्व एसपी और वर्तमान में आरा में माउंटेड मिलिट्री पुलिस के कमानडेंट के पद पर तैनात प्रष्कर आनंद के खिलाफ यौन शोषण मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है आनंद पर कैमूर में एसपी रहते हुये महिला एसडीपीओ के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा था जिसके बाद उन पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी इस मामले की जांच सीआईडी की डीएसपी ममता कल्याणी ने की और अनुसंधान प्रा होने के बाद भभुआ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है पूर्व मध्य रेल के छह रेलखंडों के दो सौ पंद्रह किलोमीटर रेल ट्रैक के विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है मुख्य जनसपंर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस कार्य से इन रेलखंडों पर ट्रेनों की गति बढ़ जायेगी साथ ही मेमो ट्रेनों के परिचालन से आसपास के लोगों और दैनिक रेल यात्रियों को लाभ मिलेगा उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड नौ महीनों में इस कार्य को पूरा किया गया है अधिकारी ने कहा कि इन रेलखंडों पर डीजल इंजन के बजाय अब विद्युत इंजन से ट्रनों का परिचालन कराया जायेगा जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और डीजल की खरीद में लगने वाली विदेशी मुद्रा को भी बचाय जा सकेगा प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों को कृषि विभाग अब छह हजार की जगह आठ हजार रूपये कृषि इनपुट अनुदान देगा विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने बताया कि पहले यह अनुदान पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चार जिले के जैविक सब्जी की खेती करने वाले किसानों को दिया जा रहा था जिसमें अब मुंगेर भागलपुर खगड़िया बेगूसराय और लखीसराय को शामिल कर लिया गया है उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में अनुदान के लिये बयालीस करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है जिसे खेती शुरू करने के पहले ही किसानों को अनुदान दिया जा सके राज्य के विश्वविद्यालयों ने लोक सूचना अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांगने वालों के लिये आवेदन पत्र में आधार का नम्बर देना अनिवार्य कर दिया है बिहार राज्य सूचना आयोग को भेजी गयी जानकारी में विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने कहा है कि गलत नामों से कई लोग सूचना मांगने लगे थे जिसके बाद यह कदम उठाया गया है राज्य सरकार ने प्रदेश के दो सौ अड़सठ प्रलिस थानों को मिष्ट तकनीक वाले अग्निशमन वाहन दिये हैं प्रत्येक वाहन पर दो गृह रक्षक तैनात किये जा रहे हैं इन दमकलों की क्षमता एक टन पानी रखने की है पंचायती राज विभाग ने अंकेक्षक संवर्ग के गठन का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत बारह पंचायतों पर एक अंकेक्षक रखा जायेगा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जल्द ही अंकेक्षकों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी एटीएम से कार्ड क्लोनिंग रोकने के लिये कम्प्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बदलाव किये जा रहे हैं जिससे क्लोंनिक की सूचना मिलते ही एटीएम बंद हो जाये मार्च से ऐसे कई स्मार्ट एटीएम काम करने लगेंगे जानकारी के अनुसार एटीएम में नये कार्ड रीडर लगाये जायेंगे जो चीप वाले कार्ड ही स्वीकार करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में जाने वाले युवा वापस आ जाते हैं इसका मुख्य कारण वहां होने वाली असुविधा है जिसे राकने के लिये राज्य सरकार ने अन्य राज्यों में प्रवास केंद्र खोलने का निर्णय लिया है इन केंद्रों की स्थापना के लिये भूमि की खोज शुरू कर दी गयी है उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिहार भवन और मुम्बई में बिहार फांउडेशन में यह केंद्र खोला जायेगा जबकि विदेशों में भी यह केंद्र खुलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों पर ठहरने और भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी पटना हाफ मैराथन में इस बार लगभग छह हजार धावकों ने भाग लिया प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान गीता फोगाट भी शामिल हुई इस मैराथन दौड़ में देश विदेश के कई धावक शामिल हुए केन्या से भी दो धावक पहुंचे थे दौड़ के लिए सुरक्षा के कड़े उपाय किये गये थे दौड़ चार चक्र में हुई जिसकी दूरी अलग अलग रखी गयी थी पहली दौड़ इक्कीस किलोमीटर की थी जो पांच बजे सुबह द्रसरी दस किलोमीटर जो पांच बजकर पंद्रह मिनट में सुबह तीसरी चार किलोमीटर की महिला और चौथी चार किलोमीटर पुरुषों के लिए थी जो छह बजे सुबह शुरू हुई रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार ने मेघालय को पारी और इकहत्तर रनों से पराजित कर दिया है इस जीत के बाद बिहार के टीम बाईस दिसम्बर से पटना में होने वाले अगले मैच में नागालैंड से भिड़ेगी वहीं सीके नायडू अंडर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार की टीम आज उत्तराखण्ड के साथ खेलेगी इधर पूर्वी चंपारण जिले में संपन्न राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट पर मेजबान टीम ने खिताबी जीत दर्ज की पूर्वी पंचारण ने सिवान को पैंसठ रनों से पराजित किया उधर नवगछिया में संपन्न राज्य स्तरीय पांचवी राज्य सब जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता में सिवान की टीम ने पटना को छह के मुकाबले दस अंकों से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया वहीं बेगूसराय के बरौनी खेल गांव में खेले गए राज्यस्तरीय जुनियर बालक बालिका वालीबॉल चौम्पियनशिप सह चयन प्रतियोगिता के फाइनल मैच के बालक वर्ग में समस्तीपुर और बालिका वर्ग में भागलपुर की टीम विजयी रही कटिहार जिले में गलत तरीके से इंदिरा आवास देने के मामले में बारसोई प्रखंड के मौलानापुर पंचायत के पूर्व मुखिया और तत्कालीन दो पंचायत सचिव पर बीडीओ ने प्राथमिकी दर्ज करायी है पुलिस आरोपियों के गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है सारण जिले के मशरख थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एसबीआई के सीएसपी संचालक से तीन लाख बासठ हजार रूपये लूट लिये वहीं वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक के पास अपराधियों ने एक दंपति से एक लाख सत्तर हजार रूपये लूट लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है पूर्णिया जिले के मरंगा थाने की पुलिस और आपूर्ति पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर कालाबाजारी के लिये रखे एक गोदाम से दो सौ पचास बोरा सरकारी चावल जब्त किया है इस सिलसिले में पुलिस गोदाम संचालक के पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने विधायक राजबल्लभ को रेप में दोषी पाये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने राफेल मामले पर सुर्खी दी है राफेल पर शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक रार बढ़ी अखबार ने एक अन्य खबर उपेंद्र शीघ्र महागठबंधन में जायेंगे को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण ने पुलवामा में तीन आतंकी ढेर हिंसा में सात प्रदशर्नकारी भी मारे गये के साथ छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री तय मगर नाम पर पर्दा को पहले पन्ने पर जगह दी है प्रभात खबर ने उड़ान के दौरान फोन पर कर सकेंगे बात और बिहारियों की मदद के लिये बनेगा प्रवास केंद्र को अपनी बड़ी सुर्खी बनाया है दैनिक भास्कर ने अब स्माइल और केयर के साथ होगा मरीजों का इलाज को बड़ी सूर्खी बनाते हये वाशिंगटन में भारतीय मूल की श्री सैनी मिस इंडिया वर्ल्डवाइड दो हजार अठारह के चूनाव को पहले पन्ने पर जगह दी है

पूर्व मध्य रेलवे के छह रेलखंडों पर विद्युतीकरण का काम पूरा